नमस्कार प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मुक्ता शर्मा

राष्ट्रपति ने इस बात पर चिन्ता व्यक्त की कि आधुनिक चिकित्सा सेवायें उपलब्ध होने के बावजूद बड़ी संख्या में बच्चों को लाल खून की कोशिकाओं और रक्त विकारों का सामना करना पड़ रहा है राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि स्वास्थ्य देखरेख के क्षेत्र से संबंधित लोगों के लिए केन्द्र का आयुष्मान भारत कार्यक्रम एक वरदान है

श्री योगी ने यह बात आज गाजोपुर में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा आयोजित कौशल भारत रोजगार मेले में कही उन्होंने कहा कि पिछले डेढ़ साल के कार्यकाल के दौरान उनकी सरकार ने तकरीबन डेढ़ लाख युवाआ के नौकरी दी है रोज़गार मेलों के महत्व और जरूरत का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के रोज़गार मेले प्रदेश के हर जिले में आयोजित किये जाने चाहिए इस अवसर पर रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की अहम भूमिका होती है केन्द्र और राज्य सरकार उनके विकास के लिए कृत संकल्प है उन्होंने कहा कि रोजगार मेले बेरोजगार युवाओं को रोजगार सुलभ कराने का एक बेहतरीन माध्यम है

प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों से बैठक कर उन्हें ज़रूरी दिशा निर्देश द दिये आज ही मुख्यमंत्री न वाराणसी में अन्तर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केन्द्र का दौरा कर प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम के सिलसिले में की जा रही व्यवस्थाओं का ज़ायज़ा लिया

फर्जो कॉल सेंटर कथित रूप से खद को अमरीकी खफिया एजेंसी एफबीआई के एजेंट बताकर अमरीकी नागरिकों को गिरफ्तारी की धमकी देकर पैसे वसूलते थे फ़र्जी कॉल सेन्टर चलाकर विदेशी नागरिकों से ठगी करने वाले इस गिरोह के कब्जे से तीन सौ बारह कम्प्यूटर मॉनीटर तीन सौ बारह सीपीयू हेड फोन्स माउस और की बोर्ड बरामद हुए हैं हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह कॉल सेंटर पिछले तीन सालों से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अलग अलग जगहों से चलाया जा रहा था फर्जी कॉल सेंटर के कर्मचारी अमेरिकी नागरिकों को फोन करके अमेरिकी लहजे में बात करते हुए यह कह कर डराया धमकाया करते थे कि सरकार द्वारा उनको जारी की गई नौ अंकों की सामाजिक सुरक्षा संख्या में गडबड़ी पाई गई है प्रदेश के पुलिस उपमहानिरीक्षक कानून व्यवस्था प्रवीण कुमार ने इस मामले के अन्तर्राज्यीय और अन्तर्राष्ट्रीय नेटवर्क से जूड़े होने के आशंका के बारे में पूछे जाने पर आकाशवाणी को बताया कि बताया कि इस फर्जी कॉल सेंटर को चलाने वाले लोगों के अमेरिका द्रबई चीन में कुछ सहयोगी भी थे

साल्वर गिरोह का यह सदस्य आज गोरखपुर के धरमपुर स्थित एक कालेज में आयोजित प्रतियोगी परीक्षा में एक अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा दे रहा था पूछताछ के दौरान मनीष ने बताया साल्वर के रूप में बैठने के लिए उसने वास्तविक अभ्यर्थी से तीस हजार रूपये की रकम तय की थी गिरफ्तार अभियुक्त के कब्ज से अभ्यर्थी विकास कुमार के नाम का एक अद्द आधार कार्ड तथा प्रवेश पत्र बरामद किया गया है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

रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ने कल नई दिल्ली में कहा कि देश के सभी राज्यों में उनकी ज़रूरत से अधिक खाद की आपूर्ति की गयी है उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय राज्य के मुख्य सचिवों से लगातार सम्पर्क में है और कहीं भी खाद की कोई कमी नहीं है श्री गौड़ा ने कहा कि यह संकट राज्यों की वितरण प्रणाली से जुड़ा हुआ है और यह केन्द्र सरकार को बदनाम करने की कोशिश है

कोयले से भरे डिब्बों के पटरी से उतरने की वजह से रेलवे टैक क्षतिग्रस्त हो गया है जिसके कारण लखनऊ मुरादाबाद रेलखण्ड पर चलने वाली सभी ट्रेनो का आवागमन पूरी तरह बाधित है मुरादाबाद के डीआरएम अनिल कुमार सिंघल ने बताया है कि रेल मार्ग को ठीक करने में आठ से दस घंटे का समय लग सकता है श्री सिंघल ने ट्रेनों के आवागमन के बारे बताया कि कुछ ट्रेनों को दूसरे मार्गो से गुजारने पर विचार किया जा रहा है

नई दिल्ली में आज जीएसटी परिषद की बैठक वित्तमंत्री अरूण जेटली की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई

श्री जेटली ने कहा कि सौ रूपये तक के सिनेमा टिकट पर जीएसटी को अठ्ठारह प्रतिशत से कम करके बारह प्रतिशत और सौ रूपये से ज्यादा के टिकट पर इसको अठ्ठाइस से कम करके अठ्ठारह प्रतिशत किया गया है इसके अलावा वाहन कलपुर्जे और सीमेन्ट की जीएसटी दरों में दस प्रतिशत की कमी की गयी है परिषद के फैसले के मुताबिक बत्तीस इंच तक के मॉनीटर और टेलीविजन पॉवर बैंक और वीडियों गेम कंसोल भी सस्ते करने का निर्णय किया गया है

जौनपुर जिले में विकास कार्यो का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि जनपद का हर एक गाँव पूरी तरह विद्युतीकृत हो गया है उन्होंने कहा कि जिले में मेडिकल कालेज के लिए बजट की व्यवस्था कर दी गयी है और सरकार का प्रयास है कि जल्द ही ओपीडी शुरू करा दो जाय श्री यादव ने कहा कि जौनपुर नगर में सीवेज प्लांट के लिए तीन सौ करोड़ रूपये आवंटित किये गये हैं और जल्द ही इस योजना पर काम शुरू हो जायेगा

आकाशवाणी से एक विशेष भेंट में मंत्रालय के सचिव परमेश्वर अय्यर ने कहा है कि यह कार्यक्रम राजनीतिक इच्छा शक्ति सार्वजनिक धनराशि और लोगों की हिस्सेदारी के आधार पर चलता है

उन्होंने कहा कि नीति आयोग ने जो नव भारत दृष्टिकोण पत्र जारी किया है उससे पता चलता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार शौचालयों के निर्माण के मामले में पीछे हैं क्योंकि दोनों राज्यों के शहरी इलाकों में इनके लिए जगह की उपलब्धता की कमी है